राज्य के लिए इस दिन को एक एतिहासिक दिन बताते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद को राज्य को न्याय का मंदिर दिलाने के लिए धन्यवाद दिया गौरतलब है कि आज ही के दिन वर्ष दो हजार में ईटानगर में गौहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी बैंच का उद्घाटन हुआ था अठठारह वर्ष बाद राज्य में उच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन को राज्य के लिए हर्षोल्लास का दिन बताते हुए श्री खांड्र ने उम्मीद जताई कि उच्च न्यायालय भवन के आने से प्रदेश में अब न्याय प्रणाली प्रक्रिया मे सुधार और तेजी आयेगी श्री खांडू ने कहा कि नई उच्च न्यायालय भवन का निर्माण केंद्र के ऊपर निर्भर हुए बिना प्ररी तरह से राज्य की अपनी संसाधनो से किया जाएगा उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य को दो साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है अरुणाचल बार संघ द्वारा सौपे ज्ञापन पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अलग एवं स्वतंत्र उच्च न्यायालय की मांग को केंद्र सरकार के साथ उच्च प्राथमिकता पर ले जाने का आश्वासन दिया मद्रास रेजिमेंट के दसवी इंफेन्द्री बटालियन के मेजर राजीव कोनर ने गत शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल बी डी मिश्रा के साथ बैठक की बैठक में मेजर कोनर ने राज्यपाल को बटालियन द्वारा सदभावना परियोजना और अन्य सामाजिक कल्याण गतिविधिया चलाए जाने की जानकारी दी वर्तमान में मद्रास रेजिमेंट की यह इकाई अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमांत के उच्चाई वाले क्षेत्र में तैनात है राज्यपाल ने दूर्गम क्षेत्र और खराब मौसम के बावजूद सीमांत क्षेत्र में सुरक्षा को बनाए रखने में इकाई की सर्तकता और निगरानी के लिए उनकी प्रशंसा की

राजधानी पुलिस अधीक्षक एम हर्षवर्धन ने बताया कि राजधानी क्षेत्र के आस पास सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है और राजधानी की और बढ़ते सभी चैक पाँईंटस् और गेटस् में पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए है क्षेत्र में किसी भी तरह के गैर सामाजिक गतिविधियो को रोकने और उनका पता लगाने के लिए हाँटलो और गेस्ट हाउस में जाँच को भी बढ़ा दिया गया है

विशाखापत्तनम में कल इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा आयोजित चौबीसवां प्रौद्योगिकी सभा में आई टी एवं संपर्क विभाग की निदेशक नीलम यापिन ताना और परियोजना अधिकारी नामगे वांग्मू ने विभाग की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया मुख्य मंत्री पेमा खांडू द्वारा पिछले वर्ष सात फरवरी को ई केबिनेट का शुभारम्भ किया गया था इसके उद्घाटन के साथ ही अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर में राज्य मंत्रिमंडल सदस्यो के लिए ई केबिनेट सोलुशन लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया था

श्री डाग्डम ने छात्रो को महाविद्यालय की छवि को अगले स्तर तक विकसित करने में काँलेज संकाय का साथ देने और अपने जिम्मेदारियो का निर्वाह करने को कहा

यह प्रतियोगिता तीन वर्गो में सब जूनियर जूनियर और सीनियर महिला एवं पुरुष दोनो वर्गो में आयोजित होगी खेल अवं युवा मामला विभाग के मंत्री डाँ मोहेश चाइ के अधिकारिक आवास में कल हुई टेबल टेनिस अरुणाचल की बैठक में यह निर्णय लिया गया

आज का अधिकतम तापमान इकतीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेईस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया